तीन गिरफ्तार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया इस फैसले के बाद भागलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर मसौढ़ी के संजय कुमार सिन्हा और बेगूसराय के पिंटू कुमार सिंह के परिजनों को नौकरी मिलेगी कैबिनेट ने माता पिता की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल की सजा के प्रावधान से जुड़े कानून को मंजूरी दी इसके तहत माता या पिता की शिकायत मिलते ही राज्य सरकार कार्रवाई करेगी वहीं कैबिनेट ने भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नये पुल के निर्माण को भी स्वीकृति दी साथ ही सुपौल में जल विद्युत संयंत्र के विस्तारीकरण को भी मंजूरी दी गयी प्रदेश में इंसेफ्लाईटिस से अब तक छत्तीस बच्चों की मौत हो चूकी है मरने वाले बच्चों में तीस में रोग की पुष्टि हुई है जबकि छह अन्य की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है केन्द्रीय टीम मुजफ्फरपुर के अस्पतालों और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी सात सदस्यीय यह टीम कल बच्चों के मौत की कारणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगी केन्द्र सरकार ने राज्य में इंसेफ्लाईटिस से उत्पन्न स्थिति को लेकर मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएम सीएच से रिपोर्ट मांगी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संबंध में एसकेएमसीएच प्रशासन को पत्र भी लिखा है आज पटना में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि यदि राज्य सरकार इंसेफ्लाईटिस से निपटने के लिए केन्द्र से सहयोग मांगती है तो हर संभव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी इधर मुजफ्फरपुर के जिला मलेरिया पदाधिकारी ने बताया कि अब तक एक सौ तैंतीस बच्चों को एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिसमें एक सौ अठारह में इंसेफ्लाईटिस के लक्षण पाये गये मरने वालों में सबसे अधिक बाईस बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के हैं इसके अलावा मृतकों में सीतामढ़ी शिवहर वैशाली और पूर्वी चंपारण जिले के बच्चे शामिल हैं हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया है कि पिछले बारह घंटों के दौरान सात बच्चों की मौत हुई है केजरीवाल अस्पताल में तीन और एसकेएमसीएच में चार बच्चों की मौत हुई है वहीं इक्यावन बच्चों का इलाज चल रहा है इंसेफ्लाईटिस का प्रकोप वैशाली जिले में भी फैल गया है हमारे संवादददाता ने बताया है कि जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के हरिवंशपुर पश्चिमी टोला और खीरखौआ में पिछले दो दिनों के भीतर इंसेफ्लाईटिस के संदिग्ध पांच बच्चों की मौत हो गयी है वैशाली के सिविल सर्जन डॉक्टर इन्द्रदेव रंजन ने बताया कि बच्चों की मौत किस कारण से हुई है इसकी जांच चल रही है उन्होंने कहा कि प्रभावित गांवों में डॉक्टरों की टीम लगातार कैंप कर रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीमारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि टीमों का गठन कर प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा श्री कुमार आज आईजीआईएमएस में पांच सौ शैय्या वाले अस्पताल भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को ढ़ाई हजार बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अस्पताल को केन्द्र की ओर से हर संभव सहायत उपलब्ध करायी जायेगी इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आईजीआईएमएस के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया समारोह को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी संबोधित किया दो सौ चौरासी करोड़ रूपये की लागत वाले अस्पताल के विस्तारित भवन का निर्माण कार्य दो वर्षों में पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता बनाये गये हैं वहीं सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो उप नेता और सांसद दिलेश्वर कामैत मुख्य सचेतक होंगे भारत सरकार ने नेपाल सरकार को रक्सौल काठमांडू रेल परियोजना से संबंधित निर्माण पूर्व इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंप दी है रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने वाली इस परियोजना के सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई संरक्षा और अन्य तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी है गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर चेक पोस्ट के पास से पुलिस ने दो ट्रकों से एक हजार कार्टन शराब बरामद की है बरामद शराब की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बतायी जाती है मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है सभी पंजाब के रहने वाले हैं वहीं शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र के बेलवा नरकटिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने जमीन के अंदर छुपाकर रखे गये सत्रह सौ बोतल शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है

उन्होंने क्र षि तथा इससे संबद्ध क्षेत्रों और गैर कृषि क्षेत्र का विकास करके बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करने के उपायों की जरूरत पर भी बल दिया वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में क्रषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों से संबद्ध समूहों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श में कहा कि कृषि क्षेत्र की चिंतायें दूर करना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता है वित्त मंत्री ने स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया और कहा कि इनसे कृषि बाजार एकीकृत होगा तथा लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार देशभर में पाइपलाईन के जरिये पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है उन्होंने कहा कि ऐसा होने से स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा नई दिल्ली में आज सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में जल शक्ति मंत्री ने बताया कि केवल सिक्किम में निन्यानवें प्रतिशत घरों में नल के जरिये पीने का पानी उपलब्ध है मध्यप्रदेश के भाजपा सांसद वीरेंद्र कुमार लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष होंगे आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अस्थाई अध्यक्ष के रूप में श्री कुमार लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नव निर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे वे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भी देखरेख करेंगे मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अगले चौबीस घंटों के दौरान धूल भरी आंधी चलने और बारिश की संभावना जतायी है वहीं प्रदेश के शेष हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार दक्षिण बिहार में पन्द्रह जून से बारिश की संभावना है केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि प्रदेश में मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बननी शुरू हो गयी हैं उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून का सिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है अठारह से बीस जून के बीच प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है आज बयालीस डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा वहीं पटना का अधिकतम तापमान उनतालीस भागलपुर का सैंतीस और पूर्णियां का तैंतीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया

मृतकों में व्यवसायी निशांत सर्राफ उनकी पत्नी और बेटी शामिल हैं जबकि बेटे का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवसायी ने पहले अपनी पत्नी बेटी और बेटे को गोली मार दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली मामले की जांच चल रही है भागलपुर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के रंगरा चौक के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर दो व्यवसायियों से सोलह लाख रुपये लूट लिये लूटपाट के दौरान व्यवसायियो द्वारा विरोध करने पर अपराधियो ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है

तीन गिरफ्तार